प्रदेश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति अभियान के तहत आज मॉपअप दिवस पर बच्चों को पिलाई जा रही है क्रमिनाशक दवा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश थमने के बाद हालात में हो रहा है सुधार बीसलपुर बांध हुआ लबालब

बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी प्रबंध किए गए हैं सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि कल घाटी के पचास क्षेत्रों में प्रतिबंधों में और छूट दी गई छूट की अवधि छह घंटे से बढ़ाकर आठ घंटे की गई है श्री कंसल ने बताया कि स्थिति और व्यापारियों के अनुरोध को देखते हुए छूट की अवधि बढ़ाई गई है आगे और भी रियायत दी जाएगी सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि जिन इलाकों में छूट दी गई है वहां से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है घाटी में मोबाइल फोन सेवा बहाल करने के बारे में श्री कंसल ने कहा कि श्रीनगर के कई इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन सेवा बहाल कर दी गई है अन्य क्षेत्रों में भी दूरसंचार सेवा बहाल करने की प्रक्रिया चल रही है उन्होंने बताया कि लैंडलाइन सेवा जल्द ही पूरी तरह बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं श्री कंसल ने बताया कि कल तीन सौ हज यात्रियों का पहला जत्था व्यापक सुरक्षा प्रबंधों के बीच सऊदी अरब से कश्मीर लौट आया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक लाभ होगा और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढेगी

इसी कडी में आज जयपूर के बिडला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनोवेशन एक्सपो प्रदर्शनी और सूचना क्रांति तथा स्टार्टअप संगोष्ठी का उदघाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विडियो कांन्फ्रेसिंग के जरिये उन लाभार्थियों से रूबरू हुए जिन्हें ई गर्वनेंस का लाभ मिला है श्री गहलोत ने झंझनूं जिले को किसानों से भी बातचीत की

उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किये

कल राजीव गांधी जयंती अक्षय उर्जा दिवस के रूप में मनाई जायेगी इस अवसर पर सुबह रामनिवास बाग से अक्षय उर्जा दौड का आयोजन होगा

बाडमेर जिले में भी आज मॉपअप दिवस मनाया जा रहा है

इनमें पंद्रह लड़के और चार लड़कियां शामिल हैं अजमेर मंडल की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि जुलाई में रेलवे सुरक्षा बल ने बिछड़े हुए बच्चों को चाइल्ड हैल्प लाईन के माध्यम से परिजनों को सुपुर्द किया

टोंक जिले का बीसलपुर बांध लगभग लबालब हो चुका है बांध के लगभग पूरा भर जाने और पानी की आवक जारी रहने के कारण इसके गेट कभी भी खोले जा सकते है टोक जिला कलेक्टर आर सी डेनवाल बांध पर पूरी नजर बनाये हुए है उन्होंने बांध और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय चर्चा कर सभी को अलर्ट पर रखा है बांध के बहाव क्षेत्र को पूरी तरह खाली करा लिया गया है ताकि पानी छोड़े जाने की स्थिति में किसी तरह के जानमाल का नुकसान न हो

जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाये जाने के निर्देश दिये है उधर बारिश का दौर थमने से बांसवाडा के माही बजाज सागर बांध के चार गेट बंद कर दिये गये है

कृषि अधिकारियों ने फसल खराबे की रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है इस बीच कृषि विभाग ने किसानों के लिये टोल फ्री नम्बर जारी किया है

हादसे में कार चालक की मौत हो गई इस बीच कार में सवार एक अन्य व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया बाडमेर जिले में लूनी नदी में पानी की आवक कम होने से बालोतरा जसोल मार्ग पर आज दोपहर बाद आवागमन फिर शुरू होने की संभावना है भीलवाड़ा जिले के गोवटा बांध की दीवार ऊपर से तीन फुट टूट जाने से बांध को खतरा पैदा हो गया है माण्डलगढ़ एसडीएम तहसीलदार और सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बांध का जायजा लिया